इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी प्रधानमंत्री ने जन नेता पदमभूषण डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उदघाटन किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढाया जाएगा श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है चाहे वो एमएसपी को लागू करने एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो यूरिया की नीम कोटिंग हो बेहतर फसल बीमा हो सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है कृषि कानुन छत्तीसगढ बैठक इस बीच केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों से छत्तीसगढ़ में किसानों मजदूरों और गरीब वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिए राज्य मंत्रिमंडलीय हाईपावर कमेटी की कल रायपुर में बैठक हई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इन संशोधित कृषि कानूनों से यदि प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था प्रभावित होती है तो नया कानून बनाकर किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था की जाएगी दूसरी ओर राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कृषि सुधार विघेयक पारित कर देश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है सुश्री पांडेय ने यह बात कृषि सुधार विधेयकों के बारे में दूर्ग जिले के मोथली और अछौटी गांव के किसानों से चर्चा करते हुए कहीं उन्होंने इन संशोधित कानूनों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा दूष्प्रचार और किसानों को भ्रमित किए जाने का आरोप लगाया सुश्री पांडेय ने कहा कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार ने यह कदम उठाया है कौशिक बयान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश के विभिन्न धान संग्रहण केन्द्रों से अब तक करीब दस लाख मीटरिक टन धान का उठाव नहीं होने पर चिंता जताई है अपने बयान में श्री कौशिक ने कहा है कि समय रहते कस्टम मीलिंग की प्रक्रिया पूरी होने से राज्य को नुकसान नहीं होता उन्होंने किसानों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की है नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य एक नवंबर से शुरू करने की मांग की है मरवाही उपचुनाव मरवाही विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव में मुकाबले की तस्वीर अब काफी कुछ स्पष्ट हो गई है भारतीय जनता पार्टी ने जहां डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर केके ध्व को कल अपना उम्मीदवार घोषित किया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ की ओर से अभित जोगी उम्मीदवार बनाए गए हैं इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख सोलह अक्टूबर है मतदान तीन नवंबर को होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न में किसी अधिकारी या कर्मचारी की यदि कोविड नाइंटीन के कारण मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए क्षेत्र प्रभारी प्रभारी मंत्री और सेक्टर प्रभारी की सूची जारी कर दी है इन चार सेक्टरों के तहत आने वाले ब्रथों में प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है इस बीच ऋचा जोगी जाति मामले में मुंगेली जिला छानबीन समिति अब अपना निर्णय कल सुनाएगी समिति के अध्यक्ष ने आज मीडिया से चॅर्चा करते हुए यह जानकारी दी सामाजिक गतिविधि अनु मति राज्य सरकार ने प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी क्षेत्रों में सामाजिक धार्मिक राजनीतिक मनोरंजन और खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन गतिविधियों के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में वहीं व्यक्ति भाग ले सकेंगे जिन्होंने मास्क पहना होगा आयोजकों को आयोजन स्थल में सैनिटाईजर की व्यवस्था करनी होगी साथ ही कार्यक्रम के दौरान शामिल होने वाले व्यक्तियों के बीच सुरक्षित दूरी का पालन भी करवाना होगा इन कार्यक्रमों में उन व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे विसर्जन जुलूस या रैलियों में तय सीमा से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उच्चतम न्यायालय नीट परीक्षा उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय प्रात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का परिणाम इस महीने की सोलह तारीख को घोषित करने के आदेश दिये हैं न्यायालय ने कोविड नाइंटीन के नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने को भी आदेश दिये हैं जो पहले हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे सिंहदेव लेमरू प्रोजेक्ट स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा जिले में प्रस्तावित लेमरू प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले अभयारण्य के लिए कई गांवों की जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहित किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की है स्थानीय ग्रामीणों ने श्री सिंहदेव को बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनके गांव को इस परियोजना में शामिल किया जा रहा है जिस पर श्री सिंहदेव ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे उनके साथ है और जरूरत होने पर अधिग्रहण को रोकने के लिए खूद भी धरना देंगे वहीं महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में तीन दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं इन हाथियों ने आज लंगहर गांव में एक किसान पर हमला करने की कोशिश की लेकिन यह किसान किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा वन विमाग हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं स्थानीय ग्रामीणों को तड़के और शाम के बाद खेतों में नहीं जाने के लिए कहा गया है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची का पूनरीक्षण एक जनवरी दो हजार इक्कीस की स्थिति में कराया जा रहा है इस सूची का अंतिम प्रकाशन पद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस तक कर दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक अट्ठारह वर्ष की हो जाएगी वे इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे इसके लिए ये युवा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जारी कार्यक्रम के अनुसार सोलह नवंबर को विस्तृत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा इसके बाद सोलह नवंबर से पंद्रह दिसंबर के बीच दावा या आपत्ति प्रस्तृत की जा सकेगी

इस दौरान कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते लक्षणों वाले एक लाख सोलह हजार से अधिक मरीजों की पहचान की गई है इनमें से एक लाख सात हजार से ज्यादा लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया सर्वे के दौरान बीते आठ दिनों में हुई जांच में करीब साढ़े छह हजार लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए सर्वे अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना संक्रभित मरीजों की पहचान के लिए जरूरी जानकारियां जुटाई गई इधर महासमुद जिले में कोरोना सर्वे अभियान को पंद्रह अक्टूबर तक और कोरिया जिले में चौदह अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है पहले यह अभियान पूरे राज्य में बारह अक्टूबर तक संचालित किया जाना था इस बीच रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आर के पांडा ने लोगों को आगाह किया है कि दशहरा और दीपावली पर्व के दौरान अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा उन्होंने कहा कि यूरोप और अन्य देशों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ठंड और प्रद्षण बढ़ने से संक्रमण बढ़ने के स्तर में तेजी आई है वहीं दूर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद कचांदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर सेंटर और अस्पताल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है दो महीनों के दौरान इस अस्पताल में इलाज के बाद ढाई हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकूर ने बताया कि जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल को दोबारा शुरू किया जाएगा

इस दौरान मेरा मास्क मेरी पहचान जैसे जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस बीच राजनांदगांव में त्यौहारों के मद्देनजर सत्रह नवंबर तक गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक बंद के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है अब राजनांदगांव नगर पालिक क्षेत्र में सत्रह नवंबर तक सप्ताह के सभी दिन दुकानें खोली जा सकेंगी वहीं शहर के दिग्विजय स्टेडियम में रात्रिकालीन कोरोना जांच कोन्द्र शुरू किया गया है यहां पर कोई भी व्यक्ति रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक अपनी कोरोना जांच करा सकेंगे फूलबासन बाई कोरोना सावधानी अपील इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन की संस्थापक पदमश्री फूलबासन बाई यादव ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किरंदुल फरसेपाल भिरतुर थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले इंड्रीपाल के जंगल में की गई पुलिस पार्टी को देख माओवादी घने जंगलों में भाग गए सुरक्षा बलों द्वारा इस इलाके में सर्चिंग की जा रही है गांजा बरामद कबीरधाम पुलिस को गांजा तस्करी के शहरी नेटवर्क का खुलासा करने में सफलता मिली है मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घूघड़ी रोड में बीती रात एक चारपहिया वाहन से करीब पच्चीस लाख रूपये कीमत का ढाई क्विंटल गांजा बरामद किया गया इस मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के अनुसार ओडिशा से गांजा लाकर जिले के विमिन्न क्षेत्रों में इसकी बिक्री की जाती थी इसी तरह महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने भी गांजा तस्करी के मामले में एक नाबालिग के साथ दो आर्रोपियों को गिरफ्तार किया है

मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है वहीं मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक एक गहरा अवदाब आंध्रप्रदेश के तट को पार कर चुका है इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आर्गे बढ़ने की संभावना है इसके असर से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाले मिनीमाता सम्मान के लिए अट्ठारह अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इच्छूक महिलाए या संस्थाएं महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय में अपना आवेदन भेज सकते हैं रायपुर की कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के मामले में दो उर्वरक दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है वहीं महासमुद बागबाहरा पिथौरा और सरायपाली के छियालीस कीटनाशी प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय में सोलह अक्टूबर तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है कोंडागांव जिले में घोड़ा गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में पंदह लोग घायल हो गए हैं जिनमें से पांच लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है राजधानी रायपुर के जयस्तंम चौक के पास बीती रात कोंडागांव के एक कारोबारी पर हमला किया गया बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई इस मामले में दो आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है वहीं दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है सुकमा जिले में दो लाख रूपए की उठाईगिरी के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है राजनादगांव में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के मामले पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इसके पास से दो लाख रूपये से अधिक की नगद राशि भी बरामद की गई है गोबर दीये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत कोरिया जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आमदनी का अतिरिक्त जरिया ढंढ लिया है जिले में विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाए अलग अलग गांवों में गोबर से आकर्षक दीये बना रही हैं दीपावली और दशहरा पर्व में दीये की मांग को देखते हुए दस नवंबर तक डेढ़ लाख दीये बनाने का लक्ष्य रखा गया है